श्री कोविन्द साइप्रस विश्वविद्यातय में भी एक व्याख्यान देंगे साइप्रस में भारतवशियों को संबोधित करने का भी उनका कार्यक्रम है श्री कोविन्द की इस यात्रा से दोनों देशों के आर्थिक और नागरिक सम्बन्ध मजबूत होने की संभावना है से से मुख्यमंत्री वाराणसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में खिड़किया घाट पर अलकनंदा क्रूज का उद्घाटन कर के उसे काशी दर्शन के लिए जनता को समर्पित किया मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ प्रवानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गोद लिए गांव डोमरी भी गये वहां पर उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रमीणों की समस्याएं सुनी और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन की योजनाओं से इनको लामान्वित किया जाय श्री योगी ने कहा कि पांव करोड़ रूपये की लागत से यहां हैलीपैड का निर्माण होगा जिससे देश के पर्यटन मानचित्र में डोमरी गांव हवाई सेवा से जुड़ जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग पेशन विववा पेशन वृद्वा पेशन के पात्र लोगों को तत्काल विन्हित कर के उन्हें इसका लाभ दिया जाय उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को गांव में नियमित रूप र्स मेडिकल कैम्य लगाने के भी निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गांव की महिलाए स्वावलम्बन की तरफ बढ़ रही हैं यहां दरी सिलाई कढ़ाई सिल्क का काम बेहतर तरीके से हो सकता है उन्होंने कहा कि गांव में कैम्प लगाकर सभी को रसोई गैस उपलब्ध कराया जाय अन्नप्रिया पटेल मिर्जापुर जिला आगामी सत्रह सितम्बर को खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ हो जायेगा आज मिर्जापुर के जमलापुर ब्लॉक पर बृहद स्वच्छ भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि खुले में शौच मुक्त होना जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है इससे संक्रामक बीमारियों में भी कमी आयेगी इससे पहले श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने जिले के छानबे विकास खण्ड के गाजीपुर विरौरा बारी एवं वैशपुर में भ्रमण कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और निवाराण का आश्वासन दिया केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार गांव एवं गरीबो के उत्थान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है

इसका उद्देश्य देशमर में दवाओं की ऑनलाईन बिक्री का नियमन और विश्वसनीय ऑनलाईन पोर्टल से सही दवाओं तक पहुंच सुनिश्वित करना है इन मसौदा नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति पंजीकरण कराए बिना ई फार्मेसी पोर्टल से दवाओं की बिक्री भंडारण या प्रचार नहीं कर सकता श्रीकष्ण जन्माष्टमी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज प्रदेश भर में आस्था के साथ ध्रम्बाम से मनाया जा रहा है रात्रिव्यापिनी अष्टमी तिथि होने के कारण जन्माष्टमी का पर्व आज मनाया जा रहा है मथ्रा सहित प्रदेश में विमिन्न स्थानों पर कल भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जायेगा विमिन्न स्थानों पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्म और जीवन से जुड़ी झांकिया सजायी गयी हैं लोगों ने अपने घरों में भी झांकियां सजायी है जहां मध्य रात्रि को भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जायेगा मथुरा में जन्माष्टमी का विशेष उत्साह है वहां के विभिन्न मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है पूर्व सांसद निवन पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं हिन्दी के विद्वान डॉक्टर रत्नाकर पाण्डेय का कल नई दिल्ली में उनके आवास पर निघन हो गया

श्री पाण्डेय का आज शाम वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया श्री पाण्डेय के निवन पर वाराणसी में विमिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं साहित्यकारो एवं गण्यमान्य लोगों द्वारा शोकसभा आयोजित कर के उन्हें श्रद्वाजंलि दी गयी वर्षा प्रदेश के कई शहरों में भारी वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है लगातार वर्षा के कारण दक्षिणी भागों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में राज्य में बीस लोग अपनी जान गंवा चुके हैं आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर भी रूक रूक कर वर्षा हो रही है